केंद्र सरकार की उज्जवला योजना के तहत पांच करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य आज हासिल किया गया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इकतीस अगस्त तक विभिन्न गांवों में रैंडम आधार पर सर्वेक्षण किया जाएगा

मुख्यमंत्री द्र्ग मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ जल्द ही स्मार्ट राज्य बनेगा आज दुर्ग में संचार क्रांति योजना स्काई के तहत मोबाइल फोन के वितरण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी साठ दिनों में दुर्ग संभाग के ग्यारह लाख लोगों को स्मार्ट फोन दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत पूरे राज्य में चौदह सौ सड़सठ करोड़ रूपये खर्च कर नए टॉवर लगाए जाएंगे जिससे कनेक्टिविटी बढ़कर नब्बे फीसदी हो जाएगी डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्मार्ट फोन मिलने से ऑनलाइन वाले सभी काम घर बैठे किए जा सकेंगे मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी सत्रह अगस्त से ग्रामीण क्षेत्रों में और सितंबर महीने में महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को स्मार्ट फोन बांटे जाएंगे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने तृतीय लिंग समुदाय के हितग्राहियों को भी स्मार्ट फोन का वितरण किया मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बस्तर और दुर्ग संभाग के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रॉसिंग के जरिये विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली इस दौरान उन्होंने कहा कि स्मार्ट फोन वितरण योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली की आवश्यकताओं के लिए फ्लैट रेट का विकल्प दिया गया है उसका ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जाए समीक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बताया कि आगामी बीस से तीस अगस्त के बीच विद्युत वितरण केंद्रो में बिजली संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाए जाएंगे उन्होंने बताया कि बिजली की बेहतर सप्लाई के लिए रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है उज्जवला योजना केंद्र सरकार की उज्जवला योजना में पांच करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य आज हासिल कर लिया है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद में आयोजित समारोह में चयनित लाभार्थी को उज्जवला कनेक्शन सौंपा इस कनेक्शन के साथ ही निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने उत्तरप्रदेश के बलिया जिले में एक मई दो हजार सोलह को इस योजना का शुभारंभ किया था रेलवे भर्ती भारतीय रेलवे ने सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन पदों की रिक्तियां दोगुनी करते हुए छब्बीस हजार पांच सौ दो से बढ़ाकर साठ हजार कर दी हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इससे रेलवे में और अधिक नौकरियां सुनिश्चित की जा सकेंगी गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस साल फरवरी में सहायक लोको पायलटों और टेक्नीशियनों के छब्बीस हजारपांच सौ दो पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत देशभर में एक लाख से अधिक लोगों को वैकल्पिक रसायनों पर आधारित रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनर तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षिण दिया जाएगा इस तरह के रेफ्रीजरेटरों में वायुमंडल की ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाएगा केंद्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि चालीस करोड़ रूपए लागत की यह कौशल विकास परियोजना सोलह महीने में पूरी होगी स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत देश में किए गए कार्यों का वृहद मूल्यांकन केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर रेंडम सर्वेक्षण कर किया जाएगा देश के विभिन्न जिलों और राज्यों की स्वच्छता के आंकलन के आधार पर उस राज्य और जिलों की स्वच्छता रैंकिंग तय की जाएगी इस सिलसिले में प्रदेश में भी एक से इकतीस अगस्त तक राज्य के विभिन्न गांवों में रैंडम आधार पर सर्वेक्षण किया जा रहा है इसमें प्रत्येक जिले के औसतन दस गांवों को शामिल किया गया है इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल आंगनबाड़ी केन्द्र स्वास्थ्य केन्द्र धार्मिक स्थल और हाट बाजार इत्यादि स्थानों पर शौचालय की उपलब्धता कूड़ा करकट तथा गंदे पानी का जमाव की स्थिति का आंकलन किया जाएगा इसके अलावा ग्रामीणों से चर्चा और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी स्वच्छता संबंधी फीडबैक लिया जाएगा आदिवासी संग्रहालय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि नया रायपुर में तैयार हो रहा आदिवासी संग्रहालय और अनुसंधान संस्थान संस्कृति के संरक्षण का केंद्र बनेगा मुख्यमंत्री कल अपने निवास पर सभी सत्ताईस जिलों से आए गोंडवाना समाज के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नया रायपुर में आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा जहां आदिवासी समाज के लोग अपनी संस्कृति के संरक्षण और विकास कार्यों के संबंध में अपने सुझाव दे सकेंगे

वहीं पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया है हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में आज साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था यहां खरीदारी करने गए पुलिस जवानों पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया दोनों ओर र्से हुई गोलीबारी में एक माओवादी मारा गया वहीं पुलिस के दो जवान भी घायल हो गए घायल जवानों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है इस बीच अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार बीजापुर जिले में ही भोपालपटनम थाना क्षेत्र में स्थित अन्नापुर इलाके में पुलिस ने एक माओवादी कैंप को ध्वस्त किया है इस दौरान पुलिस जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ भी हुई हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है पुलिस ने मौके से एक ड्रिल मशीन दो लेथ मशीन सहित बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है

इस योजना के तहत गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच की जाती है ताकि प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा को किसी भी तरह का खतरा ना रहे पेश है एक रिपोर्ट वाईस ओवर प्रदेश के दुर्ग जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंचकर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का लाभ उठा रही हैं इस योजना के तहत महिला विशेषज्ञों द्वारा गर्भवती माताओं की हर तरह की जांच और परीक्षण किया जाता है गर्भवती माताओं की नियमित जांच के लिए हर माह की नौ तारीख को विशेष तौर पर अभियान चलाया जाता है दुर्ग जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का नियमित परीक्षण होने से अब मात्र मृत्यु दर मे काफी कमी आई है

वहीं इससे संस्थागत प्रसव को भी बढ़ावा मिला है आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला मुख्य सचिव समीक्षा आने वाले समय में प्रदेश के माओवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी आज मंत्रालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की हुई बैठक में मुख्य सचिव अजय सिंह ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि माओवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाएं और अधिक विस्तारित की जाएं मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं तथा एटीएम की सुविधा भी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए किसान ऋण वितरण प्रदेश में खेती के लिए बिना ब्याज के आठ लाख से अधिक किसानों को ढाई हजार करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है प्रदेश की एक हजार तीन सौ तैंतीस प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के जरिये ऋण वितरण का कार्य बीते अप्रैल से जारी है अपेक्स बैंक के अधिकारियों ने बताया कि चालू खरीफ सीजन में किसानों को करीब तीन हजार छह सौ करोड़ रूपये का अल्पकालीन कृषि ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है वर्तमान में आठ लाख चौबीस हजार सात सौ तेईस किसानों ने दो हजार पांच सौ अड़तालीस करोड़ रूपये का ऋण खेती के लिए लिया है सीएम सलाहकार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी विक्रम सिंह सिसोदिया को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है विक्रम सिंह को खेल और युवा कल्याण मामले का सलाहकार बनाया गया है गौरतलब है कि पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह और सुनील कुमार मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में पूर्व से नियुक्त हैं संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए दस प्रतिशत पदों के सीमा बंधन को चौदह सितंबर तक शिथिल करने का आदेश जारी किया है